दीपावली पर्व पर रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे

जवान शहीद बीजापुर जिले में आज माओवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के चार जवान शहीद हो गए हैं वहीं दो अन्य जवान घायल हुए हैं हमारे संवाददाता के मुताबिक सीआरपीएफ की एक सौ अड़सठवीं बटालियन की टीम बीजापुर से बासागुड़ा तर्रेम मार्ग पर रोड ओपनिंग के लिए निकली हुई थी इसी दौरान आवापल्ली और मुरदोण्डा के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों की बुलेट प्रफ गाड़ी को निशाना बनाते हुए विस्फोट किया इसके बाद माओवादियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग गए

शहीदों में एक एएसआई एक प्रधान आरक्षक और दो आरक्षक शामिल हैं हमले में घायल दोनों जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा रहा है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की टीम को घटनास्थल की ओर रवाना किया गया है साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत इकतीस अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं वे राजधानी रायपुर में राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे साथ ही राज्य के माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी लेंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री रावत इकतीस अक्टूबर की शाम नियमित विमान द्वारा दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे श्री रावत दूसरे दिन एक नवम्बर को सुबह सबसे पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे इसके बाद वे जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधीक्षकों पुलिस महानिरीक्षकों उप महानिरीक्षकों सहित आयकर आबकारी परिवहन वाणिज्यिक कर विभाग तथा रेल्वे विमानन केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बल के समन्वयक और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे श्री रावत इसके बाद शाम को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक गृह वित्त आबकारी वाणिज्यिक कर औरं परिवहन विभाग के सचिवों के साथ बैठक करेंगे इसके बाद श्री रावत देर शाम नियमित विमान द्वारा दिल्ली लौट जाएंगे मुख्य सचिव मतदान केंद्र निरीक्षण प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव अजय सिंह ने आज बिलासपुर और बेमेतरा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया मुख्य सचिव श्री सिंह ने बिलासपुर जिले के ग्राम कोनी और सेन्द्री में बनाए गए मतदान केंद्रों में पहुंचकर रैम्प व्हीलचेयर पेयजल आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का भी निरीक्षण किया श्री सिंह बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल हुए मुख्य सचिव ने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के बीजाभाट और अमोरा मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों को मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए विस चुनाव पहला चरण छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में माओवाद प्रभावित इलाकों के अट्ठारह निर्वाचन क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद इन सीटों पर मुकाबले की तस्वीर स्पष्ट हो गई है अधिकांश सीटों पर द्विपक्षीय मुकाबला होने की संभावना बनी है वहीं कोंटा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होते नजर आ रहा है यहां से भाजपा ने धनीराम बारसे कांग्रेस ने कवासी लखमा और सीपीआई ने मनीष कुंजाम को उम्मीदवार बनाया है प्रथम चरण के तहत बारह नवम्बर को होने वाले चुनाव के लिए एक सौ नब्बे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में लोगों की सबसे अधिक निगाहें राजनांदगांव सीट पर होंगी जहां से भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल विहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला चुनाव मैदान में आमने सामने है इसके अलावा पहले चरण में जो जाने माने चेहरे अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षामंत्री केदार कश्यप वनमंत्री महेश गागडा कांग्रेस विधायक दल के उप नेता कवासी लखमा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मनीष कुंजाम और आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी बनाये गये युवा कोमल हुपेन्दी शामिल हैं विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर

इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं इस सिलसिले में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में संबंधित विभागों द्वारा अलग अलग संयुक्त निगरानी दल गठित करने का निर्णय लिया गया एक और सात नवंबर को ध्वनि प्रद्रषण मापने का कार्य पुलिस के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किया जाएगा राजनीतिक सरगर्मियां प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा तथा प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी नौ नवंबर को जगदलपुर और राजनांदगांव के दौरे पर आएंगे तथा वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी सभा लेंगे वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी प्रदेश दौरा संभावित है इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज दंतेवाड़ा जिले से चुनाव अभियान की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बस्तर के विकास के लिए काम किया है उन्होंने बस्तर और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा कर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया इधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता करूणा शुक्ला ने राजनांदगांव से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हए हैं इस बीच कांग्रेस विधायक रेण् जोगी के नाम से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र खरीदे जाने का मामला भी सामने आया है इस मामले में श्रीमती जोगी का कहना है कि उन्होंने ना तो नामांकन पत्र खरीदा है और ना ही नामांकन पत्र लेने वाले ने उनसे कोई अनुमति ली है उन्होंने यह भी कहा कि वे फिलहाल कांग्रेस में हैं मतदाता जागरूकता अभियान प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत कराकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है इसी कड़ी में विभिन्न जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कोरिया जिले में स्वीप कार्यक्रम संगवारी चला वोट डाले बर अभियान के तहत आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई इसी तरह आने वाले दिनों में जिले में विद्यार्थी सम्मेलन अभिभावक जागरूकता सम्मेलन श्रमिक सम्मेलन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जनपद पंचायत पलारी के ग्राम जारा में स्कूली बच्चों तथा महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाई और रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया इस दौरान महिलाओं द्वारा स्वीप सखी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया इधर बेमेतरा के कृषि उपज मण्डी परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत योग प्रदर्शन के जरिये मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया इस मौके पर मतदाता जागरूकता रथ को कलेक्टर ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बलरामपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी करवा चौथ पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना का पर्व करवा चौथ आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर चांद की पूजा करती हैं सुहागिनें रात में चलनी से चंद्रमा और अपने पति को देखकर आरती उतारती हैं पति के हाथों पानी पीकर ही सुहागिनें अपना व्रत तोड़ती हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाने की परंपरा है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में कबीरधाम जिले में कुकदुर थाना क्षेत्र के पोलमी गांव में पुलिस ने एक ट्रक ेसे करीब तीस टन अमोनियम विस्फोटकबरामद किया है इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है गरियाबंद जिले में छुरा पुलिस ने वन्यप्राणी पैंगोलिन की तस्करी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है